लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की शुभकामनाएं दे रहे है राजधानी भोपाल में सुबह से ही हरियारों की टोलियां रंग और गुलाल लेकर जगह जगह लोगों से गले मिल कर बधाई दे रहे है वहीं पुराने और नये भोपाल में चल समारोह निकाले जा रहे है जुलूस में आकर्षक झांकियां बनायी गयी है जिसमें राधा कृष्ण की होली और खास तौर से विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से भारत वापसी का चित्रण करती झांकियां शामिल है कई स्थानों पर मटकी फोड प्रतियोगिता के भी आयोजन किये गये है पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिये जिला और पुलिस प्रशासन ने समुचित व्यवस्थाएं की है इसके पहले बीती रात जगह जगह होलिका दहन के कार्यक्रम आयोजित किये गये इस बार पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए कई स्थानों पर गाय के गोबर से बनी लकडी गो काष्ठ और कंडों का उपयोग होलिका दहन में किया गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रंगोत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं होली के अवसर पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में सूबह विशेष भस्म आरती की गई आगरमालवा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में विभिन्न समाजों द्वारा गैर निकाली जा रही है सागर के घाट पर महाकवि पदमाकर की प्रतिमा पर फ़ल मालाएं चढाकर साहित्यकारों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया वहीं धार में आज हरियारों की टोलियां रंग और गुलाल बरसा कर लोगों को बधाईयां दी जा रही है शिवपुरी अशोकनगर उमरिया अनुपपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर फाग गीत गायन के आयोजन किये जा रहे है भिण्ड मुरैना शिवपुरी छिंदवाड़ा टीकमगढ़ डिंडौरी नरसिंहपुर छतरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी होली पर्व उल्लास के साथ मनाये जाने के समाचार मिले रह हैं प्रदेश भर के सभी जिलों में जिला प्रशासन ने नागरिकों से होली का त्यौहार शान्ति और सदभाव के साथ मनाने की अपील की है मीडिया आचार संहिता भारतीय सोशल मीडिया और इंटरनेट मोबाइल संगठनों ने आगामी आम चुनावों के लिये स्वेच्छिक आचार संहिता लाग की है इसके तहत चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन की घटनाओं की निगरानी के लिए विशेष दल गठित किए जाएंगे कल निर्वाचन आयोग के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया माध्यमों ने स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार की और राजनीतिक विज्ञापनों का पुर्व प्रमाणन सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की सोशल मीडिया के माध्यमों ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञापन देने वालों को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से जारी प्रमाण पत्र देना होगा सश्रल्क राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी सोशल मीडिया माध्यमों तथा इंटरनेट और मोबाइल संघ ने कल नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को नैतिक आचार संहिता का दस्तावेज प्रस्तुत किया

भारत के विशेष एथलीटस ने विशेष ओलिम्पिक खेल में अबतक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है

पिछले सात दिनों से चल रहे ओलिम्पिक खेलों का समापन समारोह आज शाम आयोजित किया जाएगा गौरतलब है कि इस आयोजन में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी से इसे विशेष ओलंपिक का नाम दिया गया है मौसम प्रदेश में तापमान में बढोत्तरी होने से गर्मी के तेवर तेज हो गये है मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि दर्ज की गयी वहीं राज्य के ग्वालियर और शहडोल संभागों में तापमान सामान्य से अधिक रहा

जबकि बैतूल सागर और सिवनी तथा मलाजखंड में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान जबलपुर शहडोल बैतूल होशंगाबाद रीवा एवं सतना जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाए चलने का अनुमान व्यक्त किया है

इसमें बच्चों के सुपोषण के लिये उचित खान पान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गयी